बिना काम पैदल निकलने पर भी लगायी गयी पाबंदी

आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन रहेगा बंद

कहा स्थिति नहीं सुधरने पर सेना के हवाले किया जा सकता है कोविड मरीजों का इलाज

इसी अवधि में एक सौ इक्यावन लोगों की मौत कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है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 सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रदेश में आज से ग्यारह दिनों का सम्पूर्ण लॉकडाउन प्रभावी हो गया है पन्द्रह मई तक लगाये गये लॉकडाउन के लिए गृह विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं इस दौरान बिना काम पैदल निकलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है नये दिशा निर्देशों के अनुसार इस अवधि में स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने वाले सभी संस्थान दवा दुकानें टीकाकरण केंद्र बैंक और आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों सहित सरकारी और निजी कार्यालयों को बंद करने के निर्देश दिये गये हैं पुलिस बिजली आपूर्ति अग्निशमन डाक और संचार विभाग पेट्रोल पम्प रसोई गैस एजेंसी कोल्ड स्टोरेज और औद्योगिक निर्माण से जुड़ी इकाईयों समेत अन्य आवश्यक सेवा को लॉकडाउन से छूट होगी किराना समेत अन्य जरूरत की सामानों से जुड़ी दुकानें फल सब्जी मांस मछली और दूध की दुकानें सुबह सात बजे से दिन के ग्यारह बजे तक ही खुली रहेंगी हालांकि ठेला पर फल और सब्जी की घूम घूम कर बिक्री हो सकेगी ई कॉमर्स और कूरियर सेवा से जुड़ी गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा मनरेगा और शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत काम पूर्व की तरह जारी रहेगा रेस्तरां और भोजनालय में बैठ कर खाने पर प्रतिबंध है हालांकि यहां से सुबह नौ बजे से रात्रि नौ बजे तक होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध रहेगी राष्ट्रीय राजमार्गो पर स्थित ढ़ाबों को पैकेज भोजन ले जाने के लिए खुले रखने की अनुमति दी गयी है लॉकडाउन में निजी वाहनों से आवागमन पर भी रोक लगा दी गयी है सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट में केवल कुल क्षमता के पचास प्रतिशत यात्रियों को बैठने की अनुमति होगी केवल रेल विमान सेवा और अन्य लंबी दूरी की यात्रा के लिए ही सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया जा सकेगा जिला प्रशासन द्वारा जिन निजी वाहनों के लिए ई पास निर्गत किया जायेगा उनकी आवाजाही पर रोक नहीं होगी इसके अलावा जिन लोगों को विमान और रेल सेवा के लिए जाना हो उन्हें वैध टिकट के साथ निजी वाहन से आनेजाने की अनुमति होगी अंतरराज्जीय मार्गों पर दूसरे राज्य जाने वाले निजी वाहनों को भी लॉकडाउन से छूट दी गयी है लॉकडाउन के दौरान सभी स्कूल कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे इस अवधि में विद्यालयों और विश्वविद्यालयों द्वारा किसी भी परीक्षा के आयोजन पर प्रतिबंध जारी रहेगा सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर पाबंदी रहेगा विवाह समारोह को लॉकडाउन से छूट दी गयी है विवाह समारोह में अधिकतम पचास लोग ही शामिल हो सकेंगे लेकिन बारात निकालने की मंजूरी नहीं होगी

गृह विभाग ने कहा है कि विवाह समारोह संबंधी आयोजन की सूचना कम से कम तीन दिन पहले स्थानीय थाने को देनी होगी वहीं श्राद्ध और अंतिम संस्कार में केवल बीस लोग ही भाग ले सकते हैं सभी प्रकार के सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन खेलकूद शैक्षणिक और संस्कृतिक कार्यक्रम पर रोक जारी रहेगी धार्मिक स्थलों को भी आम लोगों के लिए बंद रखा गया है लॉकडाउन से प्रभावित गरीब लोगों को मदद करने के लिए जिलाधिकारियों को सामुदायिक किचेन स्थापित करने को कहा गया है राज्य सरकार ने कहा है कि सभी राशन कार्डधारकों को इस दौरान मुफ्त राशन दिया जायेगा लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी सरकार ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम दो हजार पांच और आईपीसी की धारा एक सौ अठासी के तहत मामला दर्ज किया जायेगा लॉकडाउन के दौरान विशेष कार्य हेतु निजी वाहन के उपयोग की अनुमति के लिए लोगों को ई पास लेना अनिवार्य होगा सरकार ने ऑनलाईन पास की व्यवस्था शुरू की है लोग सर्विस ऑनलाईन डॉट बिहार डॉट जीओवी डॉट इन पर आवेदन कर ई पास प्राप्त कर सकते हैं ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसी दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने दो विशेष टीमों का गठन किया है ये दोनों टीमें जिला पुलिस के समन्वय से कालाबाजारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी ईओयू ने कालाबाजारी करने वालों की सूचना देने के लिए हेल्पलाईन नम्बर भी जारी किया है लोग टेलीफोन नम्बर शून्य छह एक दो दो दो एक पांच एक चार दो या मोबाईल नम्बर आठ पांच चार चार दो आठ चार दो सात पर इस संबंध में सूचना दे सकते हैं पटना उच्च न्यायालय ने कोविड से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर गहरा असंतोष जताया है न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह और मोहित कुमार शाह की पीठ ने सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि यदि अडतालीस घंटे के भीतर कोविड मरीजों के लिए पर्याप्त बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो न्यायालय को सेना की मदद लेने का आदेश देना होगा पीठ ने इसे अंतिम मोहलत बताते हुए कहा कि न्यायालय इस बात पर शर्मिंदा है कि उसने सरकार के आंकड़ों और दिलासे पर भरोसा किया न्यायालय द्वारा सेना की मदद लेने संबंधी वक्तव्य पर महाधिवक्ता ललित किशोर ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि महाराष्ट्र तथा केरल जैसे राज्यों की तुलना में बिहार में मौत का आंकड़ा काफी कम है इस पर खंडपीठ ने एक बार फिर सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि नागरिकों की मौत की तुलना नहीं की जा सकती है मामले की अगली सुनवाई छह मई को होगी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने महामारी के दूसरे चरण में कोविड जांच के लिये परामर्श जारी किया है आईसीएमआर ने कहा है कि मौजूदा समय में आरटी पीसीआर जांच के विवेकपूर्ण उपयोग और साथ ही सभी नागरिकों तक यह जांच सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है परिषद ने कहा है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट अथवा आरटी पीसीआर जांच में एक बार पॉजिटिव घोषित हो चुके व्यक्ति को अस्पताल से छुट्टी देते समय दुबारा यह जांच कराने की आवश्यकता नहीं है कोरोना के लक्षण वाले ऐसे लोगों की ही आरटी पीसीआर जांच करानी चाहिए जिनकी एंटीजन जांच नेगेटिव है परिषद ने कहा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य गए स्वस्थ व्यक्ति का आरटी पीसीआर जांच कराना भी पूरी तरह बंद किया जाना चाहिए आईसीएमआर के अनुसार सचल जांच प्रयोगशालाओं को जीईएम पोर्टल से जोड़ दिया गया है और राज्यों को चाहिए कि वे इसका उपयोग कर सार्वजनिक और निजी प्रयोगशालाओं में आरटी पीसीआर जांच में तेजी लाएं परिषद ने यह भी कहा है कि सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य केंद्रों में रैपिड एंटीजन टेस्ट की अनुमति दी जानी चाहिए और इस जांच के लिए शहरों तथा गांवों में विशेष बूथ लगाए जाने चाहिए प्रदेश में कोविड के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान चौदह हजार सात सौ चौरानवे नए मामलों की प्रष्टि हई है इस अवधि में लगभग पंचानवे हजार कोविड नमूनों की जांच की गई संक्रमण की दर सोलह प्रतिशत है सबसे अधिक पटना से दो हजार छह सौ इक्यासी मामले सामने आए हैं ये नए मामलों का लगभग अठारह प्रतिशत है इसके अलावा गया से सात सौ सड़सठ वैशाली से छह सौ सैंतीस नालंदा से छह सौ अठारह जमूई से पांच सौ अड़तीस औरंगाबाद से पांच सौ चौंतीस और पश्चिम चंपारण से पांच सौ सोलह मामले दर्ज किए गए हैं इसके अलावा अन्य सभी जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल ग्यारह हजार नौ सौ छब्बीस मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर अठहत्तर दशमलव तीन छह प्रतिशत हो गयी है वहीं इसी अवधि में रिकॉर्ड एक सौ इक्यावन मरीजों की मौत की खबर है सबसे अधिक चौंतीस मरीजों की मौत पटना में हई है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या एक लाख दस हजार चार सौ तीस है जिसमें सबसे अधिक पटना से अठारह हजार छह सौ चार मामले हैं प्रदेश में अब तक पचहत्तर लाख चालीस हजार छह सौ बहत्तर लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल एक लाख आठ हजार आठ सौ बयासी लोगों का टीकाकरण किया गया इनमें से पैंतालीस हजार सात सौ बाइस लोगों को टीके की पहली डोज जबकि तिरसठ हजार एक सौ साठ लोगों को दूसरी डोज दी गई इधर देश में अब तक सोलह करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है नई दिल्ली एम्स के वरिष्ठ चिकित्सक अनुराग श्रीवास्तव ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और टीका लगवाने की अपील की है

इस संबंध में बाईस अप्रैल को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पहले ही एक परिपत्र जारी किया था

केंद्र सरकार ने लोगों को वैक्सीन के लिए पंजीकरण कराने संबंधी धोखाधड़ी से सावधान किया है पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने लोगों से आग्रह किया कि अप्रमाणित वेब लिंक पर क्लिक न करें पीआईबी ने लोगों से आग्रह किया कि वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन पोर्टल या उमंग या आरोग्य सेतु ऐप के जरिए पंजीकरण कराएं और टीका लगवाने का समय लें बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष ओपी शाह का कोरोना से निधन हो गया उनके निधन पर राज्यपाल फागू चौहान मूख्यमंत्री नीतीश क्मार उपमूख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने गहरी संवेदना व्यक्त की है काल वैशाखी के प्रभाव से पिछले अड़तालीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गयी मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक दिनेश क्मार भारती ने बताया कि बिहार के क्छ हिस्सों से एक ट्रफ लाईन गुजर रही है जिसके कारण आठ मई तक राज्य के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है

इसके अलावा पटना हाई कोर्ट द्वारा कोविड प्रबंधन में लापरवाही बरतने पर राज्य सरकार को लगायी गयी फटकार भी सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है राज्य में कोविड के बढ़ते मामलों से जुड़ी खबरों को आज और राष्ट्रीय सहारा समेत अन्य सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है

बिना काम पैदल निकलने पर भी लगायी गयी पाबंदी

आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन रहेगा बंद

कहा स्थिति नहीं सुधरने पर सेना के हवाले किया जा सकता है कोविड मरीजों का इलाज

इसी अवधि में एक सौ इक्यावन लोगों की मौत